वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस बुनियादी सुधारों पर है उन्होंने आठ सेक्टर्स पर ध्यान देने की बात करते हुए कहा कि कोयला क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण को खत्म किया जाएगा उन्होंने कहा कि अब कोयला और बॉक्साइट खदान का आवंटन एक साथ होगा उन्होंने बताया कि सरकार पांच सौ कोयल ब्लॉक्स की नीलामी करेगी

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढावा दिया जाएगा वित्त मंत्री ने बताया कि छह और हवाई अड्डों की नीलामी की जाएगी एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया इस कार्य को करेगी वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ईज आफ डूइंग बिजनिस पर ध्यान केन्द्रित करेगी और राज्यों की रैंकिंग की जाएगी ताकि उनके निवेश के बारे में केन्द्र सरकार को भी जानकारी हो श्रीमती सीतारमण ने अंतरिक्ष बिजली परमाणु ऊर्जा के संबंध में भी घोषणा की उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढाया जाएगा वित्त मंत्री ने बताया कि हर मंत्रालय में परियोजना विकास इकाई पर काम होगा उन्होंने बताया कि पांच लाख हैक्टेयर क्षेत्र में तीन हजार से अधिक सेज बनाए जाएंगे औद्योगिक समूह उन्नयन के लिए राज्यों में योजनाएं लागू की जाएंगी औद्योगिक पार्को को अपग्रेड किया जाएगा साथ ही इंडस्ट्रियल कलस्टर बनाए जाएंगे

उन्होंने कहा कि केवल ज्यादा गंभीर बीमारी वाले मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती किया जाएगा अन्य संकमित रोगियों का इलाज जेल परिसर में ही कोविड केयर सेंटर बनाकर किया जाएगा

इन प्रवासियों की स्वास्थ्य जांच के बाद इन्हें बसों से विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया गया आज मुम्बई के वसई रोड़ से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी बीकानेर के लालगढ़ स्टेशन पर पहुंची इसमें आए यात्री श्याम सुथार ने विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए सरकार का आभार जताया

सभी यात्रियों को बसों में बैठने से पहले भोजन के पैकेट नाश्ता केला बिस्किट और पानी की बोतल दी गई एक और गाड़ी लिंगापल्ली से प्रवासियों को लेकर बीकानेर आ रही है करौली जिले के हिण्डौनसिटी में भी आज रात श्रमिकों को लेकर विशेष रेलगाडी पहुंचेगी इस बीच विधानसभा में प्रतिपक्ष के उप नेता राजेन्द्र राठौड़ ने प्रदेश में बने क्वारंटीन सेंटर्स पर अव्यवस्था को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है उधर सवाईमाघोपुर में क्वारंटीन केन्द्र प्रबंधन की जिला स्तरीय समिति की आज बैठक आयोजित हुई बैठक में दूसरे प्रदेशों से आने वाले को होम क्वारंटीन करने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने को मुद्दों पर चर्चा हुई

आज वीडियो कांफेसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत में श्री पूनिया ने कहा कि लाखों प्रवासियों ने प्रदेश लौटने के लिए पंजीकरण कराया है लेकिन सरकार की ओर से अभी तक बहुत कम ट्रेनों की मांग की गयी है श्री प्रनिया ने राज्य सरकार से बिजली पानी के बिल और स्कूल फीस माफ करने की मांग भी की प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को कानून व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में संगीन किस्म के अपराध हुए हैं

जयपूर एयरपोर्ट निदेशक जयदीप सिंह बलहारा ने बताया कि कुछ उड़ाने वाया दिल्ली तथा कुछ उड़ानें सीघे आएगी जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं

टेली कांफेसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव कोविड संकमण को नियंत्रित करने की रणनीति पर चिकित्सा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगी

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना ने सफलतापूर्वक चार साल पूरे कर लिए हैं जिससे आठ करोड़ से ज्यादा गरीब और उपेक्षित परिवारों के जीवन में सुधार आया है श्री प्रैधान ने कहा कि एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की जिसमें प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को तीन महीने के लिए मुफ़त में गैस सिलेण्डर मुहैया कराना था उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के खातों में अग्रिम रूप में पैसा जमा कर दिया गया था ताकि इस सुविधा का लाभ लेने में उन्हें कोई कठिनाई न हो

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी इससे पहले सीबीएसई द्वारा परीक्षा की तिथि की घोषणा आज की जानी थी बोर्ड यह परीक्षा एक से पंद्रह जुलाई के बीच करने की घोषणा की है गौरतलब है कि देश में नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार के कारण सी बी एस ई ने इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था

प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे है

श्री गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है

पिछले चौबीस घंटे में कई स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है